राज्यपाल ने लोगों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का किया आहवान लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को छोड़कर प्रदेश में बच्चों को कल पिलाई जाएगी पोलियो खुराक जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में हल्का हिमपात जारी कुछ भागों में भारी ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित

आज शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पर्यवेक्षक सुनील देवधर ने राजीव बिंदल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष पद के लिए बिंदल ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था इसलिए उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ इस मौके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री व पर्यवेक्षक रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडेय केंद्रीय वित्त व कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र सहित मंत्रिगण और बड़ी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया उन्होंने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगे बिंदल ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को साथ लेकर भाजपा को और मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उम्मीद जताई कि राजीव बिंदल के लंबे राजनीतिक अनुभव का पार्टी को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि बिंदल में नेतृत्व क्षमता व जुझारूपन मौजूद है

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन का काम अब डॉक्टर के पास आ गया है जो नब्ज देखकर मर्ज का पता लगा लेते हैं

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते राजीव बिंदल ने सराहनीय काम किया है और अब उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में खुलकर काम करने का अवसर मिलेगा जिससे संगठन मजबूत होगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सतपाल सत्ती ने भी लम्बे समय तक सराहनीय कार्य किया है इस अवसर पर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्त्ता ढोल नगाड़ों और पारंपरिक परिधानों में पहुंचे इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय परिषद के लिए चार नामों की घोषणा भी की गई जिसमें कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से रीता धीमान मंडी से राकेश जम्वाल हमीरपुर से राजेंद्र गर्ग और शिमला संसदीय क्षेत्र से सुखराम चौधरी को मनोनीत किया गया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का आहवान किया है शिमला स्थित राजभवन में आज गांधी कथा का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी जी ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जिसे अमल में लाने की जरूरत है उन्होंने महात्मा गांधी को ज्ञान त्याग तपस्या व सादगी की प्रतिमूर्ति बताया और कहा कि उन्होंने अपना जीवन एक कर्मयोगी की तरह बिताया बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन दर्शन भारत ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी प्रेरणादायक है

फिट इंडिया फिट इंडिया अभियान के तहत आज प्रदेश भर में जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया इस दौरान लोगों को फिट रहने का संदेश दिया गया नेहरू युवा केंद्र द्वारा चम्बा में आयोजित वाकाथन को उपायुक्त विवेक भाटिया ने हरी झंडी दिखाई उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इस दौरान युवाओं को फिट इंडिया अभियान में जुड़ने का आहवान किया जा रहा है उधर सोलन में डीएसपी योगेश जोशी ने फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाई उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रह कर खेलों में भाग लेने का आह्वान किया कुल्लू के रथ मैदान में भी इस मौके साइकल रैली का आयोजन किया गया

वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री व अर्की के विधायक वीरभद्र सिंह ने आज शिमला में अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की अर्की के एसडीएम विकास शुक्ला सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे वीरभद्र सिंह ने अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को छोड़कर प्रदेश में पांच वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने पर यह अभियान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है प्रदेश भर में लाखों बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और बड़ी संख्या में पोलियो ब्रथ बनाए गए हैं

हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित है और स्कूलों में इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए प्रबंध किए गए हैं मंडी जिले में राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जोगिन्द्रनगर की छात्राएं भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुनने को लेकर उत्सुक है

मौसम प्रदेश के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में आज एक बार फिर हल्का हिमपात हआ राजधानी शिमला में भी शाम के समय ओलावृष्टि के साथ बर्फ के हल्के फाहे गिरे किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले की ऊपरी चोटियों पर आज दिन भर हल्का हिमपात होता रहा किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चट्टाने गिरने से पांगी नाला से आगे यातायात बंद है और पूह उपमंडल का अन्य भागों से संपर्क कट गया है

शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में भी आज हल्का हिमपात हुआ है शिमला के निकट घणाहट्टी इलाके में आज शाम भारी ओलावृष्टि के कारण यातायात कई घंटे बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा हालांकि बाद में प्रशासन ने यातायात सुचारू किया राज्य के अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है